कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव गृह मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव भी उपस्थित हुए

कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण तेजी पकड रहा है इसलिए लोग उत्साह के साथ टीका लगवा रहे हैं

कोविड महामारी देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर घट रही है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ रही है लेकिन कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अब भी दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या बढ रही है

पिछले कई दिनों से रोजाना तीन लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं

अब तक दो करोड़ चार लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं

इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है इस बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस के सर्वोत्तम इलाज के लिए डाक्टरों की राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गयी है यह कमेटी बीमारी और इसके इलाज के बेहतर उपायों का अध्ययन करेगी प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के ड्रग कंट्रोलर को ब्लैक फंगस की उपलब्ध दवाओं की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि लोगों को असुविधा न हो चमोली में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज जिला अस्पताल गोपेश्वर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अगले दो दिनों में ऑक्सीजन प्लांट स्टॉलेशन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए सभी जिलों में आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे है

इसके बाद मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग जिले में कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम कोविड केयर सेंटर और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से घर घर कोविड किट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ताकि प्राथमिक स्तर पर ही उपचार संभव हो सके और चिकित्सालय आने की आवश्यकता न हो उन्होने कहा कि पूरे प्रदेश में सैंपलिंग की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है उन्होंने सभी से वैक्शीनेशन करवाने की अपील की इस बीच उन्होने कहा कि वैक्सीनेशन इस समय हमारी शीर्ष वरीयता है और हमारा प्रयास है कि कोई भी नागरिक टीकाकरण से वंचित न रहे उन्होंने जनता से अपील की कि वे मास्क पहनें अपने हाथों को बार बार धोंए और कोविड गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें कम्यूनिटी किचन सेंटर प्रदेश में जरुरतमन्द और कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए अब भाजपा महिला मोर्चा कम्यूनिटी किचन सेंटर चलायेगी इसके अलावा सभी विधायक अपने क्षेत्रो में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे जिससे अस्पतालो में ब्लड की कमी न रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बारे में विधायकों और महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं श्री कौशिक ने महिला मोर्चा के पदधिकारियो और विधायकों के साथ वर्चअल बैठक में कहा कि महिला मोर्चा महिलाओं के ग्रप बनाये और जरुरतमन्द लोगों को भोजन के पैकेट दिए जाए उन्होने सभी विधायकों को पत्र भेजकर अपने अपने क्षेत्रो में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के निर्देश भी दिए श्री कौशिक ने सैनिटाइजर मास्क वितरण और जागरूकता के साथ आक्सीजन और काल सेंटर में मदद के लिए आने वाली कॉल पर शत प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कोविड़ समीक्षा सांसद अजय टम्टा ने चंपावत जिले में आज कोविड कार्यो की समीक्षा की श्री टम्टा ने अधिकारियों को कोराना के बढ़ते मामलों को देखते हए इसके रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होने अधिकारियों को सेंपलिंग बढ़ाने के साथ ही गांव में आशा कार्यकत्रियों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए

जिले में अलग अलग केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है

उन्होने बताया कि कोविड एप पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है

ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नियत तिथि पर टीकाकरण कर सके

उन्होने कहा की जिले में टीकाकरण शत प्रतिशत हो इसके लिए ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक कर समीक्षा की गई है अल्मोडा अल्मोड़ा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और ईलाज के लिए अति आवश्यकीय उपकरण सीएसआर फण्ड के माध्यम से स्वयंसेवी संस्था और निजी व्यक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही हैं

इन कंसेन्ट्रेटरों को बेस चिकित्सालय के कोविड वार्ड में लगाया जायेगा जिससे कोरोना मरीजो को ऑक्सीजन आपूर्ति की जाएगी

गंगोत्री धाम गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह पारंपरिक रीति रिवाजों और वैद्विक मंत्रोच्चार के बीच ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट कल दोपहर में खोल दिए गए थे इस अवसर पर सीमित संख्या में पुजारियों ने पारंपरिक अनुष्ठान किए

उन्होने बताया की श्रद्वालुओं को घरों से ही पूजन अर्चन करने की अपील की गई है कोरोना संकमण को देखते हुए मुख्य पुजारियों को ही धामों में जाने की अनुमति दी गई है प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी में वृद्वि को देखते हुए चार धाम यात्रा को फिलहाल रद्द कर दिया है कोरोना संक्रमितों का जाना हाल किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने रुद्रपुर स्थित पंडित रामसुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का दौरा कर वहां भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जाना और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

उन्होने बताया की शौचालयों की सफाई ना होने के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है